कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने तालाबंदी बढ़ाने का अन्रोध किया

बैठक में अस्पतालों की तैयारी और चिकित्सा उपकरणों को खरीदने और उनकी उपलब्धता सम्बधी नीति का मूल्यांकन भी किया इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री अमितशाह श्रीमती निर्मला सीतारमन श्रीमती स्मृति ईरानी पीयूष गोयल प्रकाश जावड़ेकर और राम बिलास पासवान सहित अन्य मंत्रियों भी उपस्थित थे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रियों के समूह में तालाबंदी के बाद उत्पन होने वाली स्थिति पर प्यापक विचार विमर्श किया कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने केन्द्र सरकार से तालाबंदी बढ़ाने के अनुरोध किया है सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है

यह अंशदान प्रधानमंत्री केयर फंड में जमां करवाया जायेगा

मीडिया के साथ की गई डिजीटल पत्रकारवार्ता में यह घोषणा करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार सामाजिक द्री को ध्यान में रखते हये ज्यादा दिनों तक थोड़ा थोड़ा कर गेहूं की खरीद करेगी

उन्होंने उन्हें सिरसा से उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने बताया कि बताया कि सच्चा सौदा राधास्वामी सहित कई डेरो ने अपने शैड और जगह मंडियों के लिए देने का प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा कि अन्य संस्थाओं से भी मदद मांगी गई है

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि फसल की खरीद में उन किसानों को पहले मौका मिलेगा जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा रखा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं होगा उनको फसल बेचने का अवसर सबसे अंत में मिलेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केन्द्र को फसल खरीद में देरी के मद्देनजर होलीडे इनंसेटिव देने के लिए लिखा है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी और उनकी फसल की अदायगी आड़तियों के माध्यम से फसल गोदान मे पहंचाने के साथ ही कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि फसल के उठान के लिए भी विशेष व्यवसथा की गई है

उन्होंने कहा कि मंडियों और गांवों में भी मास्क उपलब्ध करवाने की कोशिश की जायेगी म्ख्यमंत्री ने कोरोना पोजिटिव मामलों को लेकर किसी तरह का का भेदभाव न करने और समाज में सौहार्द बनाये रखने की अपील भी की

मुख्यमंत्री ने ठीकरी पहरा लगाकर अपने गांवों को सुरक्षित करने वाली पंचायतों की सराहना भी की

इसके अलावा अभी फतेहाबद से एक पोजिटिव मामले की खबर मिली है

फरीदाबाद में भी सात व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये है इन में से छ निजामुद्दीन मकरज से लौटे जमाती है

उन्होंने बताया कि गांव जांडवाला को जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिये गये है जींद जिले के गांव निडानी का एक य्वक कोरोना पोजिटिव पाया गया है

उपायुक्त नोश नरेश नरवाल ने बताया कि कि बफर ज़ोन में पहाड़ी मोहदमका अंधरेला व पंचनाका गांवों को भी बफर ज़ोन में शामिल किया गया है

उधर दादरी जिले के हिंडोल गांव के आस पास के सात किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है तीन गांवों को कैंटोनमैंट औश्र चार गांवो को बफर ज़ोन घोषित करते हये गांवों की सीमायें भी सील कर दी गई है

हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने हरियाणा के सभी महाविद्यालयों को एडवज़री जारी कर नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम में एनसीसी और एनएसएस से जुड़े छात्र छात्राओं की सेवायें लेने का आग्रह किया है एनसीसी और एनएसएस से जुड़े छात्रों को लोगों से सम्पर्क कर सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से जमानत का वितरण परिववारिक सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा आवश्कताओं की जानकारी प्राप्त करनी होगी

सोडियम इाइपो क्लोराइट और पानी मिश्रण के छिड़काव की स्विधा वाली इस स्रंग में से जब लोग ग्जरेगे तो उनपर स्वय ही मिश्रण का छिड़काव होगा जिसमे शरीर से बाहर से वायरस को खत्म किया जा सकेगा डॉक्टर मनीष राठी ने हमारे संवाददाता ने बताया कि क्योंकि बहत से संदिग्ध मरीज़ ग्रूग्राम अस्पताल में जांच के लिए आ रहे है इसलिए एहतियात के तौर पर ये उपाय किया गया है उन्होंने बताया कि डॉक्टर नर्सो और अन्य कर्मचारियों को भी इस सुरंग से अंदर आना होगा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सामाजिक दूरी का पालन करे जो हमारे ख्द के जीवन के साथ साथ द्सरे के जीवन की रक्षा करेगी श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह दिवस हमें साल भर निजी स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी प्रेरित करेगा जो हमारे समूचे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज स्वासथ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है